प्रवक्ता ने कहा कि आयुर्वेद विभाग में अधिक दरों पर दवाइयों के खरीद में अनियमितता के लिए तत्कालीन निदेशक को चार्जशीट किया तथा क्रय समिति के तीन सदस्यों को भी निलम्बित किया गया है प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में सभी दवाइयों शल्य चिकित्सा उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्री की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता के उद्देश्य से ई टेंडर प्रणाली आरंभ की है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल नाहन के चौगान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जल शक्ति अभियान तथा फिट इंडिया अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए त्राहि त्राहि ना करें इसीलिए जल संरक्षण के अंतर्गत सभी व्यक्ति वर्षा जल पारंपरिक जल स्त्रोत तालाब निर्माण टैंक तथा चेकडैम निर्माण और अधिक से अधिक पौधारोपण में अपना योगदान दें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रम फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने का भी आह्वान किया

आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉ मुकुंद ने बताया कि ट्रांसप्लांट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में लगभग पांच सौ मरीज ऐसे है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट अनिवार्य है

शिविर में महिला रोहग विशेषज्ञ मेडिसन शल्य चिकित्सक रेडियोलोजिस्ट इदय रोग हड्डी रोग व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवायें देंगे प्रदेश भर में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में आयोजित किया जा रहा है इसी कड़ी में सभी जिलों में महिला व ं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं चंबा के जिला कार्यक्रम अधिकारी हुकुमदेव शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद् सुल्तानपुर द्वारा स्कूली बच्चों के सहयोग से पोषण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण को लेकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है आज भारत रत्न प्राप्त एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है इसे अभियन्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्वेश्वरैया को आध्निक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने अभियंता दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर सभी अभियंताओं को बघाई दी है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला स्थित एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा

दोनों ही टीमों ने कल धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है होटलों के मेन्यू कार्ड में होगी अब खाने की न्यूट्रीशन वैल्यू

दैनिक जागरण की सुर्खी है घर्मशाला में किकेट का रोमांच मारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मैंच आज अमर उजाला की सुर्खी है घर्मशाला में आज भिड़ेंगी कोहली डिकॉक की सेनाएं दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज धर्मशाला में चौके छक्कों की बरसात दैनिक जागरण के अनुसार धर्मशाला में टिकट ब्लैक करने वाला गिरोह पकड़ा

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखाता है नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के लिए भूमि आंबटित होने से हिमाचलियों को मिलेगी सुविधा दैनिक भास्कर के शब्द हैं दिल्ली में हिमाचल के स्टेट गेस्ट हाउस को मिली जमीन अमर उजाला की एक खबर है पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल होने पर दो ने जहर खाकर दी जान वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं पुलिस भर्ती में तीसरी बार फेल होने पर युवक ने निगला जहर मौत